राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई

गृह मंत्री ने देश में चल रहे टीकाकरण अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अभियान सफलतापूर्वक चलता रहेगा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

सवाई माधोपुर के ऑटो रिक्शा चालक रामकिशन जहां बजट में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स में रियायत की आस रखे हुए हैं वहीं जिले की ही छात्रा अदिति का कहना है कि सरकार विभिन्न पदों पर भर्ती निकाले ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके

मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी खिलौने बनाने वाली इकाइयां अपने खिलौने प्रदर्शित करेंगी

इसके लिए राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं

इधर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयोजना विभाग के मूल्यांकन अधिकारी के लिए आज होने वाले साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं

उन्होंने कहा कि एंब्लेस कर्मचारी काफी समय से अपनी मांगो को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन मांगों का समाधान नहीं हुआ है

श्री अस्थाना ने भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा का जायजा लिया उन्होंने सीमा प्रहरियों के परिवारों को संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया

वहीं दोपहर में तेज धूप के कारण हल्की गर्मी होने लगी है मौसम विभाग के अनुसार कल से तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है विभाग ने जयपुर में आज आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की है